प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वे चौकीदार के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे आज नईदिल्ली में हो रही कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में प्रदेश से लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा

इस प्रक्षेपण के दौरान पहली बार कई विशेष उपाय किए जा रहे हैं

मोदी भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि वे चौकीदार के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और किसी को भी सार्वजनिक धन का द्रूपयोग नहीं करने देंगे

श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वीडियो कान्फ्रेंसिग के जरिये मैं भी चौकीदार कार्यक्रम के तहत देशभर में लोगों से संवाद किया उन्होंने कहा कि नई जिम्मेदारी मिलने के बाद से उन्होंने भ्रष्ट्राचार से देश के धन की रक्षा करने के हर संभव प्रयास किये हैं श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले पांच वर्षों में जो कृछ हासिल किया उसका श्रेय लोगों की भागीदारी को जाता है प्रदेश में भोपाल ग्वालियर जबलपुर और इन्दौर सहित कई शहरों में श्री मोदी के कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई थी जबलपुर के दददा परिसर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय सांसद राकेश सिंह लोकसभा चुनाव के प्रदेश प्रभारी स्वतंत्रदेव सिंह शामिल हुए प्रत्याशी चयन लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया कल पूरी कर लेगी आज नई दिल्ली में पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और कल केंद्रीय चुनाव समिति के पास प्रदेश के लोकसभा प्रत्याशियों के नाम पहुंच जाएंगे

मतदान जागरूकता मतदाता जागरूकता की दिशा में प्रदेश के विभिन्न जिलों नवाचारों के माध्यम से स्वीप गतिविधियों को नया रूप दिया जा रहा है इसी कड़ी में कल छिन्दवाड़ा जिला प्रशासन और नगर निगम के संयुक्त प्रयासों से स्थानीय दशहरा मैदान में राहगिरी की तर्ज पर वोटगिरी कार्यक्रम आयोजित किया गया इस कार्यक्रम में बच्चों और युवाओं से लेकर हर वर्ग के लोगों ने रैम्प वॉक कर मतदान के प्रति जागरूक फैलाई वोटगिरी कार्यक्रम में फैशन शो का भी आयोजन लोगों के आकर्षण का केन्द्र रहा उघर उमरिया में महिला मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कल पिंक पंडाल बनाये गये थे इनपर मौजूद महिला कर्मचारियों ने ईवीएम और वीवीपैट के विषय में महिलाओं को जानकारी दी वहीं रायसेन में मिनी मैराथन का आयोजन किया गया है भिंड जिले में भी विभिन्न पोलिंग बूथों पर मतदाताओं को ईवीएम वीवीपैट मशीन का प्रदर्शन कर उपयोग की जानकारी दी गई

सीबीडीटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि आयकर रिटर्न भरते समय आज से आधार संख्या का उल्लेख करना और उसे लिंक करना अनिवार्य है

पिछले वर्ष सितम्बर में इस विलय की घोषणा की गई थी इन दोनों बैंकों के विलय से बैंक ऑफ बड़ौदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक होगा बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमुख पीएस जयकमार ने कल एक विज्ञप्ति में कहा कि नया एकीकृत बैंक एक मजबूत संगठन के रूप में अधिक प्रभावी रूप से सभी गतिविधियों को निपटायेगा देना बैंक के सभी ग्राहकों को जो रिजर्व बैंक के शीघ्र सुधार उपाय पीसीए के तहत हैं नई ऋण सुविधाएं मिलेंगी

मोंगली उत्सव विद्यार्थियों में पर्यावरण और वन्य जीवन के प्रति लगाव और उत्तरदायित्व की भावना जागृत करने के उद्देश्य से उमरिया जिले के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में आयोजित मोगली उत्सव का कल समापन हो गया

उत्सव के दौरान बच्चों को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क के वन्यप्राणियों को करीब से दिखाया गया रिश्वत सजा भिंड जिले की एक अदालत ने रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराए गए एक राजस्व निरीक्षक और एक सेवानिवृत्त शिक्षक को पांच पांच वर्ष की सजा सुनायी है

आज डेल्ही कैपिटल्स का मुकाबला किंग्स इलेवन पंजाब से मोहाली में रात आठ बजे होगा

वहीं कुछ जगहों पर कल बादल छाये रहे और हल्की ब्रंदा बांदी भी हुई भोपाल झाबुआ खंडवा उमरिया नीमच भिण्ड शिवपुरी नरसिंहपुर मुरैना और छतरपुर सहित कई अन्य जिलों तापमान सामान्य से अधिक रहा

गर्मी के कारण लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है संभागायुक्त भोपाल कल्पना श्रीवास्तव ने संभाग के सभी जिलों में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति करने के निर्देश दिये हैं